प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिह ने बताया कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गोवंश संरक्षण और संवर्द्वन कोष के लिये कॉर्पस फंड के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है श्री सिंह ने बताया कि कोष का संचालन केन्द्र और राज्य सरकार की मदद के अलावा सरकारी संगठनों द्वारा दी जाने वाली राशि औद्योगिक संगठन गैर सरकारी संगठन धमाथ संस्था से हासिल धनराशि मंडी परिषद से आने वाले मंडी शुल्क के दो प्रतिशत हिस्से तथा आबकारी विभाग के वार्षिक राजस्व का शून्य दशमलव पांच शून्य प्रतिशत हिस्से के तौर पर हासिल धनराशि से किया जायेगा मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम उन्नीस सौ तिहत्तर में संशोधन कर अमेठी ज़िले के कॉलेजों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के प्रस्ताव को भी मंज्री दे दी है पहले यह कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध थे मंत्रिपरिषद के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य सरकार रमाला सहकारी चीनी मिल का शत प्रतिशत वित्त पोषण करेगी पहले इस मिल का संचालन पचास प्रतिशत राज्य सरकार के अनुदान और पचास फीसद बाहरी ऋण से किया जा रहा था सरकार ने यह फैसला रिजर्व बैंक के नियमों में संशोधन के कारण बाहर के बैंकों से कर्ज लेने में कठिनाई के मद्देनजर लिया है बैठक में गौतमबुद्ध नगर में जेवर के करीब नोएडा अतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिये किये गये भू अधिग्रहण के एवज में विस्थापन और पुनर्वास के लिये आठ सौ चौरानवे करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं

मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कमीशन को हटाकर अंश दान शब्द शामिल कर लिया गया है कमीशन शब्द से टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी जिसके नतीजे में पिछले दो साल में एक करोड़ सड़सठ लाख रूपये कर के रूप में अदा करने पड़े बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है उनमें इकतीस मार्च दो हजार अट्ठारह को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में शराब के उत्पादन व बिक्री के मूल्य निर्धारण के बारे में सीएजी रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखने के लिये राज्यपाल की सहमति लेने की मंजूरी तथा दो हजार अट्ठारह उन्नीस में प्राविधिक शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग में एक मुश्त बजट व्यवस्था के तहत जारी की गई स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना शामिल हैं बाराबंकी ज़िले में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित दस लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग बीमार हो गये हैं पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीन कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि रामनगर इलाके के रानीगंज गांव में स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान से इन लोगों ने शराब खरीद कर पी थी लेकिन घर पहंचते पहंचते इन लोगों की तबियत बिगड़ गई स्थानीय लोगों ने इन सबको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान एक ही परिवार क चार सदस्यों सहित दस लोगों ने दम तोड़ दिया शराब पीने से बीमार हुए कई अन्य लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया हैं और कुछ लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया गया है घटना की गंभीरता के मददेनजर रामनगर क क्षेत्राधिकारी कोतवाल जिला आबकारी अधिकारी आबकारी इंस्पेक्टर सहित आठ आबकारी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को मामले की गहनता से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है श्री योगी ने शराब कांड से हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को तत्काल घटना स्थल पर पहुंच कर प्रभावित व्यक्तियों को समूचित चिकित्सा मूहैया कराने का निर्देश भी दिया मनोनीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है श्री मोदी तीस मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे विदेश मंत्रालय ने बताया कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष सूरोनबे जीनबेकोफ तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगनॉथ को भी आमंत्रित किया गया है मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के अनुरूप इन नेताओं को आमंत्रित किया गया है बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का संगठन है जिसम बांग्लादेश म्यामां श्रीलंका थाईलैंड नेपाल भूटान और भारत शामिल है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

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वह जनहित को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए सड़क पुल और आरओबो सहित अन्य निर्माण कार्य तेज गति से पूरे कराये श्री मौर्य कल लखनऊ में लोक निर्माण विभाग सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के विभागों के अधिकारियों के साथ राज्य में सड़क निर्माण इकाईयों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरे किये जाये और सभी कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिये श्री मौर्य ने इशारा दिया कि वह जल्द ही विशेषज्ञ टीमों के साथ निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच के लिये ज़िलों का दौरा करेंगे राष्ट्र स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को आज उनकी जयन्ती पर श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहा है

सावरकर का जन्म आज ही के दिन अट्ठारह सौ तिरासी में महाराष्ट्र में नासिक के पास हुआ था इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर साहस देशभक्ति और मजबूत भारत के प्रति अट्रट आस्था के प्रतीक थे जिन्होंने लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिये प्रेरित किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश सावरकर के बलिदान को हमेशा याद रखेगा और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा इधर लखनऊ में वीर विनायक दामोदर सावरकर विचार मंच ने उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें वक्ताओं ने वीर सावरकर के स्वाधीनता आन्दोलन में योगदान और उनके व्यक्तित्व तथा कृत्तिव पर प्रकाश डाला जौनपुर ज़िले के सरावां में शहीद लाल बहादुर गुप्त स्मारक पर वीर सावरकर की जयन्ती मनाई गई इस अवसर पर लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की अध्यक्ष मंजीत कौर ने कहा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उन्नीस सौ दस में गिरफ़्तार किया था और आजीवन कारावास की सजा हुई थी लेकिन उन्नीस सौ इक्कीस में रिहा कर दिये गये थे वीर सावरकर उन स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिन्होंने देश के बंटवारे का मुखर विरोध किया था चीन में जारी कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिये आज बहराइच के ब्लिस रिजार्ट से बहत्तर यात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ इस जत्थे में दिल्ली मेरठ आगरा मुरादाबाद जौनपुर और कोलाकाता के महिला और पुरूष तीर्थयात्री शामिल है रिजार्ट के संचालक मनीष मल्होत्रा ने इन तीर्थ यात्रियों का पारम्परिक ढंग से स्वागत किया यह सभी यात्री कैलाश मानसरोवर पर तीन दिन ठहरेंगे इस दौरान इन सभी यात्रियों को कैलाश दर्शन यम द्वार राक्षस ताल मानसरोवर और अष्टपद सहित कई स्थानों का दर्शन पूजन का अवसर मिलेगा तीर्थ यात्रियों का यह जत्था पांच जून को भारत वापस आयेगा आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आगरा से छह बांग्लादेशी नागरिकों को जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है इनके पास से मोबाइल फोन सिम कार्ड आधार कार्ड और नकदी बरामद हुई है एटीएस को खबर मिली थी कि राज्य में गर कानूनी रूप स रह रहे बांग्लादेश के कुछ नागरिक जाली दस्तावेज तैयार कर अन्य लोगों को राज्य में बुलाना चाहते हैं कानपुर नगर के चकेरी इलाक में एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये यह हादसा आज अहिरवा फ्लाई ओवर के पास उस समय हुआ जब सरकारी एम्बुलेंस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई यह एम्बुलेंस बांदा अस्पताल से मरीज को लेकर कानपुर मेडिकल कॉलेज आ रही थी

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाश पीठ ने व्यवस्था दी कि राज्य पूलिस को आगे जांच करके पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश देने की याचिका का निपटारा सुनवाई अदालत करेगी